प्रधानमंत्री पैकेज में प्रदेश के तेरह विभिन्न सड़कों को किया गया शामिल

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी आज ग्यारह बजे आकाशवाणी से मन की बात कार्यक्रम में देश विदेश में लोगों के साथ अपने विचार साझा करेंगे

इस कार्यक्रम का प्रसारण आकाशवाणी और दूरदर्शन के समूचे नेटवर्क पर किया जायेगा सूचना और प्रसारण मंत्रालय द्रदर्शन समाचार और प्रधानमंत्री कार्यालय के यू ट्यूब चैनलों पर भी इसे सुना जा सकता है मन की बात कार्यक्रम के मैथिली अनुवाद का प्रसारण आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से हिन्दी में प्रसारण के तुरंत बाद किया जायेगा इसी प्रसारण को आकाशवाणी के दरभंगा केन्द्र से ही रात्रि आठ बजे से दोबारा सुना जा सकता है प्रधानमंत्री पैकेज में प्रदेश की तेरह विभिन्न सड़कों को शामिल किया गया है इन सड़कों को राष्ट्रीय उच्च पथ घोषित किया जायेगा पांच सौ छिहत्तर किलोमीटर लंबी इन सड़कों की चौड़ाई दस मीटर की जायेगी सड़कों की चौड़ीकरण और सुद्रढ़ीकरण के लिए पांच हजार आठ सौ पचास करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे नई दिल्ली में प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक में इस योजना पर सहमति बनी इस बैठक से पहले मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उप मुख्यमंत्री सुशील कुमार मोदी और पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने विशेष पैकेज के लिए उच्चस्तरीय समीक्षा बैठक की है बैठक में मुख्यमंत्री ने बिहार के लिए प्रधानमंत्री पैकेज में शामिल परियोजनाओं की प्रगति की समीक्षा की तथा अद्यतन स्थिति का जायजा लिया उन्होंने दानापुर स्टेशन से बिहटा तक एलिवेटेड सड़क निर्माण समेत अन्य योजनाओं के ससमय क्रियान्वयन के साथ ही लंबित विस्तृत परियोजना रिपोर्ट और भूमि अधिग्रहण मामलों पर त्वरित कार्रवाई करने के लिए आवश्यक दिशा निर्देश दिये इसके अलावा पटना रिंग रोड पर भी सहमति बनी गयी है योजना के तहत बिहटा नौबतपुर ड्मरी दनियावां कच्चीदरगाह बिद्रपुर हाजीपुर सोनपुर दीघा और बिहटा के एलाइनमेंट पर रिंग रोड बनेगा वहीं महात्मा गांधी सेतु के समानान्तर नई चार लेन पुल के लिए जमीन अधिग्रहण काम में तेजी लाने का अधिकारियों को निर्देश दिये गये भागलपुर में विक्रमशिला सेतु के समानान्तर नये पुल निर्माण को लेकर भी विचार विमर्श किया गया राज्य के पथ निर्माण मंत्री नंदकिशोर यादव ने कहा कि प्रधानमंत्री कार्यालय में हुई बैठक के बाद पीएम पैकेज के कार्यों में तेजी आयेगी राज्य के कृषि मंत्री प्रेम कुमार ने कहा है कि किसानों को धान के फसल की एक खेत की सिंचाई के लिए पूर्व में स्वीकृत अधिकतम तीन सिंचाई को बढ़ाकर अब पांच सिंचाई करने के लिए डीजल अनुदान दिया जायेगा इसके साथ ही गेहूं मक्का की तीन सिंचाई के लिए अनुदान दिया जायेगा पटना में आयोजित एक कार्यक्रम में श्री कुमार ने कहा कि इसके लिए सरकार ने डीजल अनुदान मद में अतिरिक्त राशि की बिहार आकस्मिकता निधि से अग्रिम निकासी और व्यय की स्वीकृति प्रदान की है राज्य के एक हजार चार सौ पैंतीस पंचायतों में नये पंचायत सरकार भवन बनेंगे इसके लिए दो हजार सत्तर करोड़ रूपये खर्च किये जायेंगे पंचायती राज विभाग के आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि हर एक भवन के निर्माण पर एक करोड़ चौबालीस लाख रूपये की लागत आयेगी राजधानी पटना के इंदिरा गांधी आयुर्विज्ञान संस्थान में मरीजों के इलाज के लिए शुल्क में की गई बढ़ोतरी को वापस ले लिया गया आधिकारिक सूत्रों ने बताया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देश पर आईजीआईएमएस के बढ़े हुए दरों को वापस ले लिया गया है पूर्व के दरों पर ही मरीजों को सभी चिकित्सीय सुविधाएं उपलब्ध होंगी आईजीआईएमएस द्वारा ईडीसीयू की दर बढ़ाकर दो हजार पांच सौ रुपये की गई थी जबकि इलाज के लिए भर्ती किये जाने से पहले ली जाने वाली अग्रिम राशि को बढ़ाकर पच्चीस हजार रुपये कर दी गई थी अब आईडीसीयू की की दर पहले की तरह सात सौ पचास रुपये ही रहेगी जबकि जमा पन्द्रह हजार रुपये की करने होंगे दीपावली और छठ पर्व को लेकर रेलवे ने ट्रेनों में दो लाख अठाईस हजार अतिरिक्त सीटों की व्यवस्था की है यात्रियों के लिए नवासी विशेष ट्रेन चलाने की घोषणा की गयी है सूत्रों के अनुसार रेलवे अगले दो दिनों के अंदर पन्द्रह और विशेष ट्रेने चलाने की घोषणा करेगी भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारी संजय कुमार मिश्रा को अतिरिक्त प्रभार के साथ प्रवर्तन निदेशालय का नया प्रमुख नियुक्त किया गया है गोपालगंज में अवैध वसूली के मामले में दस गृह रक्षकों को बर्खास्त कर दिया गया है जिले के बलथरी चेकपोस्ट पर अवैध वसूली कर गृह रक्षकों का विडियो वायरल होने के बाद जिलाधिकारी ने विभिन्न स्थानों पर तैनात इन गृह रक्षकों को बर्खास्त कर दिया बक्सर में आरक्षी अधीक्षक के आवास के समीप अपराधियों ने दो लोगों को गोली मारकर घायल कर दिया आज से पटना से भुवनेश्वर के लिए सीधी विमान सेवा शुरू की गयी है इसके अलावा नवम्बर से रांची और दिसम्बर से बेंग्लूरू के लिए निजी विमान सेवा शुरू होगी मगध विश्वविद्यालय के पटना स्थित शाखा कार्यालय में एकतीस अक्टूबर तक कार्य स्थगित रहेगा विश्वविद्यालय सूत्रों के अनुसार एक नवम्बर से पटना में नये कार्यालय से कार्यों का निष्पादन किया जायेगा कला संस्कृति और युवा विभाग के तत्वावधान में आज पटना में कौमुदी महोत्सव का आयोजन किया जायेगा इस समारोह में देश के जाने माने कलाकार अपने प्रस्तुति पेश करेंगे किशनगंज जिले के गन्धर्वडांगा थाना के प्रभारी रहमान अंसारी को कर्तव्यहीनता के आरोप में निलंबित कर दिया गया है पुलिस अधीक्षक कुमार आशीष ने बताया कि अठगछिया गांव में शुक्रवार दोपहर बूढ़ी कनकई नदी में डूबने से एक तीन वर्षीय बच्ची अलसिया की मौत हुई थी घटना के बाद न तो थाना प्रभारी स्वयं पोस्टमार्टम कराने के लिए आए और न ही किसी जिम्मेवार अधिकारी को इसके लिए भेजा

वे बयासी वर्ष के थे उन्होंने कल रात लगभग ग्यारह बजे अंतिम सांस ली उनका अंतिम संस्कार आज किया जायेगा महाराष्ट्र के नागपुर में तीस अक्टूबर से शुरू हो रही तेईसवीं सब जूनियर राष्ट्रीय टेनिस बॉल क्रिकेट प्रतियोगिता के लिए शारिक अनवर के नेतृत्व में बिहार टीम की घोषणा कर दी गयी है टेनिस बॉल क्रिकेट एसोसियेशन ऑफ बिहार के महासचिव जावेद अनवर ने बताया कि टेनिस बॉल क्रिकेट फेडरेशन ऑफ इंडिया के तत्वाधान में नौ नवम्बर तक चलने वाली इस चार दिवसीय प्रतियोगिता में बिहार समेत अट्ठाइस राज्यों की टीमें हिस्सा ले रही हैं उन्होंने बताया कि टीम की कप्तानी शारिक अनवर को सौंपी गयी है जबकि प्रभाष कुमार झा उप कप्तान होंगे आज के सभी समाचार पत्रों ने अलग अलग खबरों को सुर्खी बनाया है हिन्दुस्तान ने लिखता है प्रधानमंत्री पैकेज में राज्य की तेरह सड़कों को शामिल किया जायेगा पीएमओ संग सीएम की बैठक बिहटा एलिवेटेड कॉरिडोर पर भी कोन्द्र ने दी सहमति दैनिक जागरण का शीर्षक है सीमा पार आतंकवाद को समर्थन देने पर सेना प्रमुख विपिन रावत ने पड़ोसी को किया आगाह कहा बाज नहीं आया पाक तो सेना के पास खुले हैं दूसरे विकल्प दैनिक भास्कर की सुर्खी है सीटों के चयन को लेकर दिल्ली में बात कल शाह से मिलेंगे कुशवाहा अखबार लिखता है लोकसभा चुनाव के लिए सीटों का फामूला तय होने के बाद बिहार एनडीए के नेताओं ने दिल्ली में सीटों के चयन पर बात की प्रभात खबर ने आईजीआईएमएस में शुल्क वृद्धि वापस की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित करते हुए लिखा है मुख्यमंत्री के निर्देश पर ग्यारह दिनों के बाद यू टर्न आज अखबार की सुर्खी है अयोध्या मामले की सुनवाई नयी बेंच में उनतीस से

प्रधानमंत्री पैकेज में प्रदेश के तेरह विभिन्न सड़कों को किया गया शामिल